वित्तमंत्री अरूण जेटली ने तेज आर्थिक विकास के लिये व्यापार बाधाएं कम करने पर दिया जोर कल अतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश में आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोलह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें सबसे अहम रक्षा गलियारे के लिये जमीनों की खरीद शुरू करने का मामला है सरकार ने रक्षा गलियारे के लिये पांच हजार एक सौ पच्चीस हेक्टेयर भूमि विन्हित कर ती है जिसकी खरीद का काम इस माह शुरू कर दिया जायेगा और अगले दो महीने के भीतर रक्षा उत्पाद के लिये उद्योग स्थापित करने वाली कम्पनियों को खरीद मूल्य पर यह जमीन दे दी जायेगी इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कर्मियों के वर्दी भत्ते को बढ़ाये जाने को भी मंजूरी दी गई सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता दो हजार दो सौ पवास रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया गया है सरकार प्राथमिक स्कूलों में किशोर युवतियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये अब उन्हें ताजा पका हुआ भोजन भी मुहैया करायेगी हाल में हुए एक सर्वेक्षण में सरकार ने पाया कि प्रदेश में दस से चौदह आयु वर्ग की लगभग पांच लाख किशोर युवतियां स्कूल नहीं जाती है इन्हें सशक्त करने और स्कूलों से जोड़ने के लिये विभिन्न पैष्टिक पदार्थ खाने में दिये जाने की योजना को मंजूरी दी गई है इसमें काला चना और पी भी शामिल है इसके साथ ही जेवर में अतंर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिये पन्द्रह सौ करोड़ रूपये की धनराशि दिये जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग करने का भी फैसला लिया है केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि वैश्विक अर्थ व्यवस्था में व्यापार बाघाएं कम करने की जरूरत है श्री जेटली कल मुम्बई में विश्व सीमा शुल्क संगठन डब्ल्यू सीओ के नीति आयोग के अस्सीवें सत्र को वीडियो काफ्रॅसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में डब्ल्यू सी ओ की भूमिका की सराहना की उन्होंने सीमाएं खोलने की वकालत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार करना आज की अर्थ व्यवस्था की अनिवार्यता है श्री जेटली ने विश्वमर में सीमा शुल्क विवादों पर बढ़ती चिंता के बीच यह टिप्प्णी की विश्व बैंक जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए दो हजार इक्कीस से अगले पांच वर्षों तक दो सौ अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करेगा यह राशि मौजूदा पंचवर्षीय योजना में निवेश के लिए निर्घारित राशी से दोगुनी है विश्व बैंक ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विश्व समुदाय को भी आगे आना चाहिए विश्व बैंक ने बताया कि यदि उत्सर्जन में कमी नहीं आई तो दो हजार तीस तक दस करोड़ लोग गरीबी का जीवन जी रहे होंगे प्रदेश सरकार ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में विशिष्ट योगदान करने वाले अंशकालिक शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक प्रस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक मंडल से एक शिक्षक का चयन किया जायेगा पुरस्कार में पच्चीस हजार रूपये तथा प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा वित्तविहीन शिक्षकगण के लिये पन्द्रह वर्ष के नियमित शिक्षण का अनुभव तथा प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यो के लिये बीस वर्ष का नियमित शिक्षण का अनुभव आवश्यक होगा अध्यापकों के चयन के लिये मंडल और राज्य स्तर पर समिति का गठन होगा श्र कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया उन्नीस सौ बान्नबे में संयुक्त राष्ट्र महासमा ने एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष यह दिवस मनाने की घोषणा की थी इसका उदेश्य दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दो हजार सोलह को प्रमावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया है ताकि इन लोगों को शीघ्र ही उसके वांछित लाभ मिल सकें ये कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री नायडू ने कहा कि इस कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि दिव्यांग बच्चों को स्कूली शिक्षा आसानी से मिल सके ये दिव्यांगजन का शारीरिक मानसिक वैज्ञानिक दृष्टि से सशकतिकरण करना ये हमारा कर्ततव्य है ये एक कार्यक्रम का रूप कत्पना जैसा किया है वो भी बहुत उपयुक्त है बहुत उपयोगी है आरक्षण देना एक काम है ये आरक्षण का व्यवस्था ठीक तरह से चल रहे है अमल हो रहे है नहीं हो रहे है इसका भी देखमाल करना प्रदेश में जाके अलग अलग विभागों में उसका समीक्षा करना ये भी बहुत सराहनीय काम है लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विमाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि दिव्यांगजनों के शरीर में एक कमी होती है तो उनमें अतिरिक्त रूप से कोई न कोई विशेषता होती है उन विशेषताओं को पहचान कर दिव्यांगजनों को मार्ग दर्शन की आवश्यकता है इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये मेरठ में सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किये प्रदेश सरकार ने बुलन्दशहर में कल हुई हिंसक घटना में एक पुलिस निरीक्षक तथा एक व्यक्ति की मौत के मामले में विशेष जांच प्रकोष्ठ एसआईटी से जांच कराने का आदेश दिया है इसके साथ ही इस मामले की जांच अपर महानिदेशक खुफिया प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी गौरतलब है कि स्याना थाना अन्तर्गत कल आक्रोशित भीड़ द्वारा पुलिस पर हमले की घटना में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई थी आक्रोशित भीड़ गोकशी के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था आनन्द कुमार ने कल लखनऊ में बताया कि स्याना क्षेत्र के महाव गांव में गौवंश के अवशेष भिलने पर आक्रोशित लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया और वह तस्करों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की जिस पर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया जिसमें स्याना कोतवाली प्रमारी गंभीर रूप से घायल हो गये और अस्पताल में उनकी मौत हो गई उन्हॉने बताया कि इस संबंध में गौवंश के अवशेष मिलने की घटना को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज कर ती गई है इन झड़पों में पुलिस के एक क्षेत्राधिकारी सहित पांच से छह पुलिस वालों और कुछ ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर है उन्होंने कहा कि जिले में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है स्थिति अब नियंत्रण में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोघ कुमार सिंह तथा ग्रामीण सुमित की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होने दिवंगत पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पली को चालीस लाख रुपये तथा स्वर्गीय श्री सिंह के माता पिता को दस लाख लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री श्री योगी ने दिवंगत इंस्पेक्टर के आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन तथा परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की भी घोषणी की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उनको श्रद्वांजलि अर्पित की